प्रदेश के शहरी इलाकों में कोविड उन्नीस के मामलों में तेजी से वृद्धि

बिहार में बाढ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय टीम ने आज गोपालगंज दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीन अलग अलग समूहों में टीम के सदस्यों ने तीनों जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल आधारभूत संरचना और जान माल को हुए नुकसान की समीक्षा की दल के सदस्यों ने संबंधित जिलाधिकारियों के साथ बैठक की तथा बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली साथ ही टीम ने इन क्षेत्रों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर किये जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कोन्द्रीय टीम को बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं को हुई क्षति के बारे में जानकारी दी गयी

सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित ज्ञापन केन्द्रीय टीम को सौंपा जायेगा गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार बाढ़ से सोलह जिलों की चौरासी लाख की आबादी प्रभावित है बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है बीस जिलों में सात लाख पचास हजार से अधिक हेक्टेयर में लगी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है फसलों को सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण और दरभंगा जिले में हुआ है वहीं बाढ़ के कारण चार हजार सात सौ ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं इसके अलावा कई मुख्य सड़कों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक हजार नौ सौ बाईस नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बयालीस हजार एक सौ छप्पन हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक दो सौ पचपन मामले पटना से सामने आये हैं वहीं अररिया और मधुबनी से एक सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस मुजफ्फरपुर से एक सौ तेरह भागलपुर से एक सौ तीन पूर्वी चंपारण से इक्यासी औरंगाबाद से उनहत्तर पूर्णियां से सड़सठ और सुपौल से उनसठ पॉजिटिव मामले पाये गये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसी अवधि में एक हजार पांच सौ बहत्तर लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख चौबीस हजार नौ सौ छिहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर घटकर सतासी दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गयी है वहीं एक दिन में छह लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर सात सौ अठाईस हो गया है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कोविड उन्नीस के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र के मरीजों की संख्या में बीस प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है दस अगस्त को राज्य के शहरी इलाकों में कुल मामलों के उन्नीस प्रतिशत कोरोना संक्रमित थे जो अब बढ़कर उनतालीस प्रतिशत हो गया है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीज की संख्या में गिरावट आयी है और अब यह इक्यासी प्रतिशत से घटकर इकसठ प्रतिशत हो गयी है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तिरासी हजार आठ सौ तिरासी नये मामलों की पुष्टि हुई है एक दिन में मिलने वाले पॉजिटिव मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अड़तीस लाख तिरपन हजार चार सौ सात हो गयी है वहीं इसी अवधि में अड़सठ हजार पांच सौ चौरासी मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या उनतीस लाख सत्तर हजार चार सौ तिरानवे है स्वस्थ होने की दर सतहत्तर प्रतिशत हो गयी है वहीं एक दिन में एक हजार तैंतालीस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर सड़सठ हजार तीन सौ छिहत्तर हो गया है देश में सक्रिय मामलों की संख्या आठ लाख पंद्रह हजार पांच सौ अड़तीस है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करे और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए साउंड बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया में और समी माध्यम में हमें मालुम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराए और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खूर्शीद आलम की पत्नी बेबून निशा की कोरोना से मौत हो गयी है उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था कैमूर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कोविड संक्रमित पाये गये हैं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे होम आइसोलेशन में हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अब तेईस सितम्बर तक सुनवाई होगी महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि तीन न्यायाधीशों की एक समिति गठित की गयी है जो हालात की समीक्षा के बाद पूर्व की तरह न्यायालय के संचालन के लिये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ आज प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया गया बड़ी संख्या में लोगों से जुर्माने की राशि वसूल की गयी प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी हैं भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी श्री यादव वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पार्टी के दो दिवसीय मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने सात सितम्बर को दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलायी है सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी इधर पार्टी ने सभी जिलों में नये जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव की नियुक्ति की है हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के एनडीए में शामिल होने के फैसले से नाराज चल रहे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद और वरिष्ठ नेता अशोक आजाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र कुशवाहा और कोषाध्यक्ष राजेश यादव ने विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की बाद में दोनों नेताओं ने बताया कि महागठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिलेगी इसकी घोषणा जल्द ही की जायेगी गया जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया औरंगाबाद जिले में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अधिकारियों को चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता के सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिये अररिया जिले में चुनाव को लेकर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ जिसमें विशेष रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिये जानकारियां दी गयी बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने मतदान में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने और कम मतदान वाले मतदान केन्द्रों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिये अधिकरियों को निर्देश दिया है रोहतास जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के पहले चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न हो गया वैशाली जिले के हाजीपुर में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वीप कोषांग की हुई बैठक में जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने और सभी बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को शुक्रवार तथा रविवार को अपने ब्रथ पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर मतदाता सूची को अद्यतन करने के निर्देश दिये गये शेखप्रा जिले में आज विधानसभा चूनाव के लिये गठित सभी चौबीस कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गयी और अधिकारियों को चूनाव संबंधी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिये गये केन्द्र सरकार ने उस विज्ञापन को फर्जी बताया है जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान नामक एक संस्था से योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने पर सरकारी डिप्लोमा दिये जाने का दावा किया गया है पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह विज्ञापन पूरी तरह भ्रामक है और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय या आयुष मंत्रालय इस तरह के किसी पाठ्यक्रम से न तो जुड़े हैं और न ही ऐसे पाठ्यक्रम को प्रमाणिकता प्रदान करते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी की पुर्नपरीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाईट बिहार बोर्ड ऑनलाईन डॉट जीओवी डॉट इन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सेवा को नियमित करने की मांग कर रहे राज्य के अतिथि व्याख्याताओं पर आज पटना में पुलिस ने बल प्रयोग किया अतिथि व्याख्याता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी बाद में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का भी घेराव किया हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने एक बार फिर बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को बाहर कर दिया पटना जिले के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक मोड़ के पास से पुलिस ने एक ट्रक से पांच सौ कार्टन शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र स्थित बटिया घाटी से दो पिकअप वैन पर लदे लगभग पांच लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ अररिया जिले के बैरगाछी पुलिस चौकी क्षेत्र से पुलिस ने दो वाहनों से लगभग तैंतीस सौ बोतल शराब बरामद की है सीवान में पिछले दिनों बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालकों से लूट के मामले में सात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया घायल को बेहतर इलाज के लिये गोरखपुर भेजा गया है बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिये लाया गया एक कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गया उसे कल ही गिरफ्तार किया गया था वैशाली जिले करताहा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गोलीबारी की घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से पुलिस ने अंतर राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर छह अपराधियों को सात मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया है कटिहार जिले के सेमापूर चौकी क्षेत्र के मध्रबनी गांव से पूलिस ने तस्करी के लिये ले जा रहे तैंतालीस मवेशियों को बरामद किया है मौके से तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है श्रम विभाग की ओर से आज शेखपुरा में नियोजन मेले का आयोजन किया गया मेले में चौदह युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपा गया जबकि सताईस युवाओं को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया है

प्रदेश के शहरी इलाकों में कोविड उन्नीस के मामलों में तेजी से वृद्धि